बिहार के सात अधिकारियों को वीरता के लिए दिया जायेगा पुलिस पदक

राष्ट्र कल अपना इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनायेगा इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान कल सुबह नौ बजे झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये हैं गांधी मैदान में तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है वहीं पड़ोसी देश नेपाल से लगने वाली सीमा पर भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इधर सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे उनके संबोधन को हिन्दी में अब से कुछ देर बाद शाम सात बजे से आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसके बाद उनका अभिभाषण अंग्रेजी में सुना जा सकता है द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद अंग्रेजी में प्रसारण के बाद किया जाएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी से रात साढ़े नौ बजे प्रसारित होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौवन लोगों को जीवन रक्षा पदक प्रस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान करने को अपनी मंजूरी दी है इनमें सात लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक आठ लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और उनतालीस लोगों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाएगा पांच पुरस्कार मरणोपरान्त दिये जा रहे हैं इन पुरस्कारों के लिए सभी क्षेत्रों के लोग पात्र होते हैं पुरस्कार संबंधित मंत्रालय संगठन और राज्य सरकारें प्रदान करेंगी बिहार के एएसआई और एसआई रैंक के सात पुलिस पदाधिकारियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया जायेगा एसआई बैजनाथ कुमार संतोष कुमार सिंह और एएसआई विवेक कुमार को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया जायेगा वहीं विशिष्ट सेवा के लिए निगरानी जांच ब्यूरो के अपर महानिदेशक सुनील कुमार झा पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था के एडीजी अमित कुमार और बिहार सैन्य पुलिस पटना के हवलदार उदय राम को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जायेगा दस पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किया जायेगा चीन और पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस के कारण सांस की बीमारी के बढ़ते खतरे के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने पटना और गया हवाई अड्डा समेत सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है बुद्ध सर्किट में चीन से आने वाले सैलानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी परामर्श में जिलों को इस रोग से संबंधित समीक्षा निगरानी संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तैयारी रखने के लिए निर्देशित किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम छह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकसठवीं कड़ी होगी इससे पहले सामान्यतया यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि इस साल का मन की बात का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के तीनपुलवा चौक पर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी और शराब माफिया बैजू महतो मारा गया है मौके से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया पटना उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष दो हजार आठ नौ से लेकर वर्ष दो हजार ग्यारह बारह तक कटिहार जिले में दवा खरीद में चार करोड़ रुपए के गबन मामले में आरोपियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और कटिहार के जिलाधिकारी को जिले के तत्कालीन सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद रजक स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक और आपूर्तिकर्ता समेत अन्य दोषी कर्मियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया अररिया की पुलिस अधीक्षक ध्रत सायली सबलाराम को लोकसभा चुनाव के दौरान श्रेष्ठ सुरक्षा प्रबंधन के लिये नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया इस अवसर पर पटना में आयोजित समारोह में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित किया पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और नवादा के जिलाधिकारी कौशल कुमार को लोकसभा चूनाव के दौरान मतदाता सूची में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सम्मानित किया गया पुरस्कार ग्रहण करने के बाद नवादा के उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने कहा कि यह उनके जिले के लिए बहुत सम्मान की बात है बाईट वैभव बहुत अच्छी बात है कि हमारे नवादा जिलों को निर्वाचन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है

मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छे से वोट करें

राजद का आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघ्रवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के नए नियम कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हेडमास्टर और कमांडर की भूमिका में हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं श्री सिंह ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर आम राय से कोई नियम लागू होना चाहिए और हर काम मर्यादा में करना चाहिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के निर्णयों से असहमति जताते हुए कहा कि पार्टी में लोग घट रहे हैं और कायदा कानून बढ़ रहा है धूप खिलने के बावजूद तेज पछुआ हवा और नमी के प्रभाव से प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है मौसम विभाग के अनुसार बीस से छब्बीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है सबौर का न्यूनतम तापमान छह दशमलव आठ डिहरी का सात डिग्री और पटना का आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान ठंड से राहत मिलने की सम्भावना नहीं है राज्य के अधिकांश भागों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा जबकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में समान्यतः आकाश साफ रहेगा पटना के बसंतपुर इलाके से पच्चीस हजार रूपये का ईनामी अपराधी चंदन सिंह और उसके सहयोगी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अन्तर्गत फतेहाबाद बोरहा गांव के पास पुलिस ने एक पिकअप वैन से तिरानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद की है शिवहर जिले के पिपराही थानाक्षेत्र अंतर्गत कमरौली में एक व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर जिला गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है

बिहार के सात अधिकारियों को वीरता के लिए दिया जायेगा पुलिस पदक